विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश से गरीबी हटाने के लिये अमीरों से टेक्स लिया जायेगा और गरीबों को सुविधायें देंगे

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में हितग्राहियों से सीधा संवाद भी किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज फार्मूला से ही गरीबी हटेगी

उन्होंने कहा कि अवैध कालोनी बनाने वाले बिल्डरों पर कार्यवाही होगी श्री चौहान ने यहां सागर विकास प्राधिकरण बनाने की भी वहीं हमारे धार संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय घोषणा की

कांग्रेस कमेटी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आज मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा कर दी

इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायकों को स्थान दिया गया है

आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेकेट्री अशोक गेहलोत प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी की है एक अन्य सूची में आठ जिलाध्यक्ष भी बनाये गये हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ हैं चुनाव बैठक राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की सम्भावनाओं पर नई दिल्ली में आज से दो दिन की बैठक शुरू हुई बैठक में सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ विधि आयोग विचार विमर्श कर रहा है आयोग ने एक साथ चुनाव संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष विषय पर मसौदा पत्र तैयार किया है मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद सरकार को रिपोर्ट भेजी जायेगी

सहकारिता विभाग समितियों के माध्यम से किसानों के घर तक कार्ड पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है सारंग आज अपेक्स बैंक के सभागार में जिला सहकारी बैंकों अध्यक्ष उपाध्यक्षों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि अबतक छह लाख पचास हजार रूपे केससी कार्ड जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वितरित किये गये हैं अल्ट्रा मेगा रीवा जिले में रीवा अल्ट्रा मेगा परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है

रीवा अल्ट्रा मेगा परियोजना देश की प्रथम और अब तक की एक मात्र परियोजना है जिसमें उत्पादित विद्युत का विकय ओपर एक्सिस उपभोक्ता को किया जा रहा है

इससे पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी को लगभग चार हजार छह सौ करोड़ रूपये और दिल्ली मेट्रो को एक हजार चार सौ करोड़ रूपये की बचत होगी

पहले दौर में बारह जुलाई तक एमपी ऑन लाइन के जरिए पंजीयन होंगे

आयोग द्वारा की गई जिला स्तरीय सुनवाई का उद्वेश्य स्पष्ट करते हुए आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जैन ने कहा कि इससे एक ओर जहां पीढ़ित परिवारों को सहजता और सरलता से न्याय प्राप्त होगा वहीं उन्हें अब अपना कामकाज छोड़कर भोपाल जाने से छुटकारा मिलेगा दस्तक अभियान देवास जिले में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के सामुदायिक विस्तार के लिये दस्तक अभियान शुरू किया गया है

अभियान में बीमार नवजातों और बच्चों की पहचान कर प्रबंधन किया जाये सीएम बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल की एक अदालत में व्यक्तिगत मानहानि मामले में बयान दर्ज कराने पहुंचे मुख्यमंत्री ने परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा द्वारा आरोप लगाये जाने पर मानहानि का केस लगाया है इस मामले में आज पहली सुनवाई थी मेडिकल हड़ताल मध्यप्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने आज सातवें वेतनमान की मांग को लेकर भोपाल सहित जबलपुर ग्वालियर और इन्दौर में प्रदर्शन किया प्रदर्शन में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर शामिल हुए सातवें वेतनमान के अलावा लम्बित मांगों में पदोन्नति विभागीय उच्चतर वेतनमान देने और सीधी भर्ती की भी मांग की जा रही है भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पाटी सेवा का संकल्प लेकर काम कर रही है पार्टी का उद्देश्य सरकार बनाकर सत्तासुख भोगना नहीं है बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना पूरा करना है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आज धार में जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही एक मात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं पर आधारित है इसका शीर्ष नेतृत्व भी अपने आपको कार्यकर्ता कहलाने में गौरव महसूस करता है

इस बीच उज्जैन ग्वालियर चम्बल छतरपुर रीवा सतना सीधी पन्ना और उमरिया जिलों में अनेक स्थानों पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है

उधर टीकमगढ़ जिले में वर्षा नहीं होने से बेतवा और जामुनी पुल का यातायात खोल दिया गया है वहीं शाजापुर जिले में वर्षा होने से तापमान में गिरावट बनी हुई है गुना जिले में बादलों के छाने से लोगों को आज गर्मी का सामना करना पड़ा

खण्डवा जिले में कल हुई झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है

टीम में मध्यप्रदेश के सांसद नंदक्मार सिंह चौहान और सम्पतिया उईके शामिल हैं

भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस अवसर पर किसान रैली निकाली जायेगी